प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान वेब पोर्टल का आज करेंगे श्भारंभ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में कोविड नाइन्टीन के नियंत्रण के लिए केन्द्र की कार्य योजना का पूरा पालन किया जा रहा है उन्होंने कहा कि देश में सबसे बड़ी आबादी वाला प्रदेश होने के बावजूद हम संक्रमण रोकने में सफल हुए हैं उन्होंने कहा कि फिर भी सतर्कता और बचाव अत्यंत आवश्यक है मुख्यमंत्री कल गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण कर रहे थे उन्होंने कहा कि प्रदेश में समी जनपदों में पांच सौ से अधिक लेवल वन लेवल टू के सतहत्तर और लेवल थ्री के छब्बीस हॉस्पिटल कार्यरत हैं मुख्यमंत्री ने बी आरडी मेडिकल कॉलेज में बाल भवन संस्थान को तीन सौ बेड के नए कोविड हॉस्पिटल में परिवर्तित करने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि इस समय प्रदेश में एक लाख कोरोना जांच प्रतिदिन की जा रही है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान वेब पोर्टल की शुरूआत करेंगे प्रत्यक्ष कर सुधारों की दिशा में सरकार के महत्वपूर्ण उपायों के अंतर्गत इस पोर्टल का शुभारंभ वीडियो कांफ्रेंस के जरिए होगा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने हाल के वर्षो में प्रत्यक्ष कर प्रणाली के क्षेत्र में कई बड़े सुधार किए हैं पिछले साल कॉरपोरेट कर की दरों को तीस प्रतिशत से घटाकर बाईस प्रतिशत किया गया था नई विनिर्माण इकाइयों पर कर की दर पन्द्रह प्रतिशत कर दी गई लामांश वितरण कर को समाप्त कर दिया गया है इन सुधारों का मुख्य उद्देश्य कर की दरों में कमी लाना और प्रत्यक्ष कर कानूनों को सरल बनाना है लंबित कर विवादों के समाधान के लिए प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम दो हजार बीस लाया गया करदाताओं की शिकायतों और मुकदमेबाजी को कम करने के लिए विभिन्न अपीली अदालतों में विभागीय अपील करने की मौद्रिक सीमा बढाई गई है डिजिटल लेनदेन और भुगतान के इलेक्ट्रानिक माध्यमों को बढावा देने के लिए कई उपाय किए गए हैं आय कर विभाग कोविड महामारी के दौरान करदाताओं के लिए अनुपालन आसान बनाने के प्रयासों के लिए प्रतिबद्व है इसके अंतर्गत आय कर रिटर्न की वैधानिक समय सीमा बढाई गई है लोगों के पास नगदी बढाने के लिए कर रिफंड की प्रक्रिया में भी अत्यधिक तेजी लाई गई है पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान वेब पोर्टल श्रू होने से कर सुधारों की प्रक्रिया को आगे बढाने में मदद मिलेगी उच्चतम न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा है कि उन्नीस सौ छप्पन के कानून के संशोधन के अनुरूप पिता और दादा की संपत्ति में बेटियों को भी बेटे के बराबर अधिकार प्राप्त होगा न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा एस अब्दल नजीर और एमआर शाह ने हिंदू उत्तराधिकार कानून में संशोधन के संबंध में उच्चतम न्यायालय की विरोधाभासी व्याख्या के कारण पैदा हुए भ्रम को दूर करते हुए कहा कि पिता जीवित हो अथवा न हों लेकिन नौ सितम्बर दो हजार पांच के पहले जन्मी बेटियां भी संपत्ति में बराबर की हकदार हैं हिंदू उत्तराधिकार कानून इसी दिन से लागू किया गया था उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अधिनियम की धारा छः के तहत प्राप्त समानता के अधिकार से बेटियों को वंचित नहीं रखा जा सकता प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत आवेदन करने वालों की संख्या पहले इकतालीस दिनों में ही पांच लाख को पार कर गई है इनमें से एक लाख लोगों को कर्ज मंजूर भी कर दिए गए हैं इस योजना को लेकर रेहडी और पटरी विक्रेताओं में बहुत उत्साह देखा जा रहा है क्योंकि उन्हें लॉकडाउन के बाद अपना व्यवसाय फिर शुरू करने के लिए सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराए जा रहे हैं इस योजना के अंतर्गत एक वर्ष के लिए दस हजार रूपये का कर्ज बिना किसी जमानत के दिया जा रहा है इसके अलावा इन लोगों को कर्ज का नियमित भुगतान करने पर ब्याज में सात प्रतिशत वार्षिक की दर से सब्सिडी भी दी जाएगी डिजिटल लेनदेन करने वालों को एक हजार दो सौ रूपये का कैश बैक मिलेगा यह योजना आत्मनिर्भर भारत अभियान के अन्तर्गत आवासन और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है भारत ने एक दिन में सात लाख तैंतीस हजार कोरोना जांच करने का कीर्तिमान कायम किया है इन्हें मिलाकर देश में अमी तक दो करोड़ साठ लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश की जांच संपर्क और उपचार कार्य नीति ने प्रति दस लाख आबादी पर अट्ठारह हजार आठ सौ बावन नमूनों की जांच की उपलब्धि हासिल की है देश में एक हजार चार सौ इक्कीस प्रयोगशालाओं में कोविड नमूनों की जांच की जा रही है पिछले चौबीस घंटों में छप्पन हजार से अधिक रोगी उपचार के बाद पूरी तरह स्वस्थ हुए हैं स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अभी तक सोलह लाख उन्तालीस हजार पांच सौ निन्यानबे लोग कोरोना संक्रमण से पूरी तरह ठीक हो चुके हैं स्वस्थ होने की दर भी बढ़कर सत्तर दशमलव तीन आठ प्रतिशत हो गई है वर्तमान में छह लाख तैंतालीस रोगियों का उपचार चल रहा है यह कुल संक्रमित व्यक्तियों का मात्र सत्ताईस दशमलव छह चार प्रतिशत है आकाशवाणी से विशेषज्ञों की सलाह श्रखंला में कोविड नाइन्टीन के बारे में वरिष्ठ चिकित्सकों की राय प्रसारित की जाती है आकाशवाणी समाचार से बातचीत में नीति आयोग के सदस्य स्वास्थ्य डॉक्टर वी के पॉल ने समी से आग्रह किया कि वे कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए सुरक्षित दूरी का पालन करें अपने बुजुर्गों का ख्याल रखना अलग रखना दूरी बनानी लेकिन सोशली उनको इमोशली उनको दूर नहीं करना और इसी तरह से जो दूरी बनानी हैं अपने को वर्कर के साथ में जहां हम जा रहे हैं जहां हम खड़े हो रहे हैं लाइन में खड़े हो रहे हैं शोप पर हैं वर्कप्लेस पर हैं बहुत जरूरी है और साथ साथ में ये भी याद दिलारूंगा कि हमें बार बार अपने हाथ भी धोने हैं या हैंड को सैनेटाइज करना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में बाढ़ से प्रभावित फसलों को क्षति का तत्काल आंकलन कर पीड़ित कृषकों को कृषि निवेश अनुदान का शीघ्र भुगतान करने के निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री ने गोरखपुर सहित कई क्षेत्रों में बाढ़ राहत केन्द्रों का निरीक्षण किया और प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री वितरित की उन्होंने कहा कि बाढ़ राहत शिविरों में रह रहे लोगों में यदि ज्वर खांसी और सिरदर्द जैसे लक्षण दिखाई पड़ें तो उनको तुरंत अलग करते हुए कोविड नाइन्टीन की टेस्टिंग सुनिश्चित की जाये उन्होंने कहा कि इन कैम्पों में स्वच्छता और सैनिटाइजेशन का विशेष ध्यान रखा जाये राहत कार्यालय के अनुसार इस समय प्रदेश में सोलह जिले अम्बेडकरनगर अयोध्या आजमगढ़ बहराइच बलिया बलरामपुर बाराबंकी बस्ती देवरिया गोण्डा गोरखपुर लखीमपुर खीरी कुशीनगर मऊ संतकबीरनगर और सीतापुर के पांच सौ तेईस गांव बाढ़ से प्रमावित हैं जिनमें से दो सौ बहत्तर गांव पानी से घिरे हुए हैं प्रमावित जिलों मे एनडीआरएफ की पन्द्रह टीमें और एसडीआरएफ और पीएसी की सात टीमें राहत कार्यो में लगाई गई हैं उधर मौसम विभाग ने राज्य में अगले दो दिनों में लगमग सभी स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की से भारी वर्षा होने का अनुमान व्यक्त किया है एक सौ इक्कीस पुलिसकर्मियों को जांच पड़ताल के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष दो हजार बीस के केन्द्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया गया है अपराध की व्यवसायिक जांच के उच्च मानकों और जांच अधिकारियों द्वारा उत्कृष्ट जांच कार्यो को बढावा देने के लिए दो हजार अट्ठारह में यह पुरस्कार शुरू किया गया था पदक पाने वालों में सी बी आई के पन्द्रह कर्मी मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र पुलिस के दस दस उत्तरप्रदेश पुलिस के आठ और केरल तथा पश्चिम बंगाल पुलिस के सात सात कर्मी शामिल हैं शेष पदक पाने वालों में अन्य राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के पुलिसकर्मी शामिल हैं इनमें इक्कीस महिला पुलिस अधिकारी भी हैं केन्द्र सरकार ने एक अखबार के इस दावे का खंडन किया है कि केन्द्र कृषि में यूरिया के इस्तेमाल को बंद करने जा रहा है पत्र सूचना कार्यालय पी आई बी ने एक टवीट् में इस खबर को निराधार बताया है सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि उसने खेती में यूरिया का इस्तेमाल बंद करने के बारे में कोई फैसला नहीं किया है केन्द्र सरकार ने इन खबरों को खारिज कर दिया है कि वह विद्यालयों को पहली सितम्बर से चौदह नवम्बर तक चरणबद्व तरीके से खोले जाने की अनुमति देने जा रही है